इस संबंध में गृह विभाग ने आदेश जारी कर दिए हैं

केन्द्र सरकार की वन नेशन वन राशन कार्ड योजना के तहत सभी उचित मूल्य की द्कानों को ऑनलाइन करने की योजना में घर घर जाकर राशन कार्ड एकत्र करने का जिम्मा अब संबंधित राशन डीलर का होगा सरकार ने सभी लाभार्थियों के आधार नंबर राशन कार्ड के साथ लिंक कर सत्यापन का काम पहले बीएलओ को दिया था अब यह काम राशन डीलर को दिया गया है

मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जयप्र के निवासियों को श्भकामनाएं दी है एक ट्वीट में उन्होंने कहा कि कला और संस्कृति में जयपुर का अपना अलग स्थान है समृद्ध विरासत के लिए ये विश्वभर में प्रसिद्ध है श्री गहलोत ने जयपुर वासियों से शहर की भव्यता को बनाए रखने की अपील की है चार दिन का छठ महापर्व देश के विभिन्न भागों में आज परंपरागत नहाए खाये अनुष्ठान के साथ शुरू हो गया है प्रजा शनिवार सवेरे उदय होते सूर्य को अर्घ्य देने के बाद संपन्न होगी छठ पूजा सूर्य की उपासना का पर्व है जिसमें धरती पर जीवन को सहारा देने के लिए सूर्य को धन्यवाद दिया जाता है हनुमानगढ़ जिले में कोरोना महामारी को देखते हुए छठ पर्व को लेकर जिला प्रशासन ने पुख्ता व्यवस्था की है उपखंड अधिकारी ने कल पूर्वाचल समाज के लोगों के साथ आयोजित बैठक में नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के निर्देशों का हवाला देते हुए कहा कि नहरों में पूजा सामग्री फेंकने पर रोक है इस दौरान भीड़ एकत्रित नहीं हो पत्र सूचना कार्यालय पीआईबी ने स्पष्ट किया है कि लद्दाख में भारत चीन सीमा गतिरोध के बारे में हाल में प्रकाशित मीडिया की कुछ खबरे फर्जी हैं ब्यूरो ने कहा है कि कुछ अंतरराष्ट्रीय समाचार पोर्टलों ने भ्रामक समाचार प्रकाशित किए हैं और लद्दाख में भारत चीन सीमा गतिरोध से संबंधित आधारहीन दावे किए हैं पीआईबी ने यह भी कहा कि भारतीय सेना ने स्पष्ट कर दिया है कि ऐसी कोई घटना नहीं हुई है

राज्य में सर्दी का असर बढ़ गया है